अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली से फ्लड की डिविजन को हटाने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय का विरोध किया है उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है अग्निहोत्री ने कहा कि इस डिविजन ने स्वां की तटबंदी में अहम भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि खनन माफिया के इरादों को पूरा करने के लिए डिविजन समाप्त की गई ताकि माफिया बेरोक टोक तटबंदी के ऊपर से पोकलेन जेसीबी टिप्पर चला सकें भाजपा प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि पार्टी ब्रथ स्तर पर मोर्चा और प्रकोष्ठ का गठन करेगी खन्ना कल वर्चअल माध्यम से पार्टी के मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे

बैठक में मिशन रिपीट को लेकर रोड़ मैप भी तैयार किया गया है

जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बर्फबारी से सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं और अधिक ठंड से लोगों को भारी परेशानी हो रही है किन्नौर जिले में बर्फबारी के कारण कई स्थानों पर सेब की पेटियां दबने का समाचार है

अमर उजाला की सुर्खी है शिमला मंडी कुल्लू और कांगड़ा में आज से फिर नाइट कर्फ्यू सूबे में मास्क न पहनने पर एक हजार जुर्माना पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल के चार जिलों में आज से रात का कर्फ्यू

हिमाचल दस्तक ने लिखा है पहली से चौथी छठी सातवीं कक्षा के विद्यार्थी किए जाएंगे प्रमोट